इसे किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये

गृह मंत्रालय के निर्देश पर नेपाल सीमा पर बढ़ायी गयी सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समाज के सभी वर्गो की ओर से उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जाना भारत की सामाजिक सद्भाव की प्राचीन संस्कृति और परम्परा को दर्शाता है राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि अगर किसी के मन में कोई कटुता है तो यह उसे भुला देने का दिन है उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में भी यह एक स्वर्णिम अध्याय है क्योंकि न्यायालय ने दशकों पुराना एक मामला निपटाया है श्री मोदी ने जनता से अपील की है कि वे नए सिरे से शुरूआत करें और यह सुनिश्चित करें कि देशवासी सबका साथ सबका विकास की भावना से राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट हैं पीएम बाईट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने देश को यह संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान के दायरे में ही आता है कानून के दायरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि भले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर रखना ही सर्वोचित है प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से एकजुट होने का संदेश मिलता है और न्यायालय ने यह दिखा दिया है कि जटिल मामलों को भी सुलझाया जा सकता है पीएम बाईट सर्वोच्च अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सर्वेरा लेकरके आया है इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी

उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में देश के संविधान और न्यायिक प्रणाली पर लोगों का भरोसा कायम रहना बहुत बड़ी बात है अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद आज भी चौकसी बरती जा रही है राजधानी पटना के हनुमान मंदिर के पास श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुये सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है वहीं गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद सुपौल जिले से लगे नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गयी है एसएसबी के कमांडेंट एच के गूप्ता ने बताया कि पैंतालीसवीं बटालियन के जवान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुये हैं जहां हर आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक लाख टन प्याज के आयात का निर्णय लिया है एक ट्वीट संदेश में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम को प्याज का आयात करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा कि आयातित प्याज की देशभर में आपूर्ति नेफेड के माध्यम से की जायेगी राज्य में पांच चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव के लिये पंद्रह नवंबर तक हर प्रखंड में एक एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरिश शंकर ने बताया कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिये प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेजा गया है उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारी पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दस प्रतिशत प्रखंड पर्यवेक्षक सुरक्षित भी रखे जायेंगे चुनाव अधिकारी ने कहा कि पैक्स चुनाव के दौरान प्रचार कार्य किसी भी धार्मिक स्थलों से नहीं किया जा सकेगा साथ ही प्रत्याशियों को आयोग ने जानकारी दी है कि किसी भी प्रतिद्वंदी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसी बातों की आलोचना नहीं करें जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन से न हो बंगाल की खाड़ी से उठे बुलबुल चक्रवाती तुफान का असर विमानों की उड़ान पर भी पड़ा है जिसके कारण कोलकाता से पटना आने वाली पांच विमानों का उड़ान रद्द कर दिया गया है एयरलाईंस के अधिकारियों के अनुसार आज सुबह तक विमानों के उड़ानों को रोका गया है वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और चौदह नवंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी जिससे ठंड बढ़ेगी इधर कल राजधानी पटना सहित प्रदेशभर के तापमान में औसत दो डिग्री सेल्सियस की व्रद्धि दर्ज की गयी है सारण जिले के हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपूर मेले का उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी करेंगे

पुस्तक मेले में देश और विदेश के प्रकाशक अपनी पुस्तकों के साथ शामिल हो रहे हैं सोनपुर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में स्नान को लेकर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने कल से तेरह नवंबर के बीच तीन जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इसके अलावा रेलवे ने इस दौरान कुछ ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव भी सोनपुर स्टेशन पर दिया है गुरू नानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के दौरान कल से गुरू का बाग गुरूद्वारा में अखंड पाठ शुरू हो गया है जबकि आज तख्तश्री हरिमंदिर साहिब से बड़ी प्रभात फेरी निकाली गयी जबकि कल नगर कीर्तन निकाला जायेगा मुख्य समारोह बारह नवंबर को आयोजित होगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलाद ऊन नबी आज प्रदेश के विभिन्न भागों में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है पैगम्बर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को उजागर करने के लिए मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जाते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं दी हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम पटना के फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजिबिया में आयोजित उर्स समारोह में शामिल होंगे पश्चिम चंपारण जिले में एनएच सात सौ सत्ताईस पर जौकटिया चौक के पास दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद मझौलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि सभी मृतक जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के जोगिया गांव के रहने वाले हैं पटना में खेली जा रही अड़सठवीं बिहार राज्य अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में कुमार हर्षित और सब जूनियर बालक एकल वर्ग में श्वेत राज ने खिताब पर कब्जा जमा लिया वहीं महिला सीनियर हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज पटना और पूर्णिया के बीच भीड़ंत होगी वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के बागमली मोहल्ले से पुलिस ने साढ़े सोलह किलोग्राम गांजे के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अयोध्या मामले पर आये फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा है हिन्दुस्तान की सुर्खी है राम मंदिर का रास्ता साफ दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर बड़ी खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है वहीं बनेगा मंदिर दैनिक भास्कर लिखता है पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक अंडर ग्राउंड गुजरेगी मेट्रो घनी आबादी और तीखे मोड़ के चलते बदलाव प्रभात खबर ने करतारपुर कॉरिडोर उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है गुरू नानक देव जी की ख़्शब्र करतारपुर के कण कण में

इसे किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये

गृह मंत्रालय के निर्देश पर नेपाल सीमा पर बढ़ायी गयी सुरक्षा